प्रधानमंत्री ने इस दिशा में नए प्रयोग करने वाले लोगों वैज्ञानिकों शिक्षाविदों और दवा कंपनी के प्रयासों की सराहना की और निर्देश दिया कि कोरोना वैक्सीन के अनुसंधान विकास और विनिर्माण की सभी तैयारियों को सुगम बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए भारत में कोरोना की पांच वैक्सीन विकास के उन्नत चरण में पहंच गई है जिनमें से चार दूसरे या तीसरे चरण में और एक पहले या दूसरे चरण में है वैक्सीन उपलब्ध हो जाने पर उसके उपयोग के लिए स्वास्थ्यकर्मियों अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों शीत भंडारण तथा सीरिंज और सुइयों की खरीद की तैयारियां आगे बढ चुकी है केन्द्र सरकार ने कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत नौ सौ करोड़ रूपये की सहायता उपलब्ध कराई है श्री मोदी ने निर्देश दिया कि वैक्सीन को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने के लिए सभी विनियामक मंजूरी लेने की चरणबद्ध योजना तय की जाए प्रधानमंत्री ने वैक्सीन विकास के व्यापक प्रयासों की सराहना की कोरोना समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाख उन्नीस हजार को पार कर गई है कल प्रदेश में एक हजार आठ सौ बयालीस नये मरीजों की पुष्टि की गई राज्य में अब तक दो हजार छह सौ इंक्यानवे मरीजों की मौत कोरोना से हो चुकी है केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए डॉक्टरों विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा लोगों को आगाह किया जा रहा है कि संक्रमण से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना दो गज की सुरक्षित दूरी रखना भीड़ से बचना और हाथों की समय समय पर सफाई करना जरूरी है इस बीच रायपुर जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों और ठहरने वाले लोगों की रैंडम जांच करने के निर्देश दिए हैं वहीं बाजारों में फल सब्जी बेचने वाले लोगों तथा अन्य दुकानदारों की भी कोरोना जांच कराने कहा गया है वहीं जिला प्रशासन ने दूसरे जिलों से राजधानी रायपुर आने वाले लोगों की कोरोना जांच कराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है सीएमएमओ ने यह प्रस्ताव दिया था कि रायपुर शहर के चार एंट्री पाइंट पर बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना जांच कराई जाए लेकिन ट्रैफिक जाम की आशंका के मद्देनजर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सीआर प्रसन्ना ने रायगढ़ जिले में चिकित्सा सुविधा और कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा की इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से हो रही मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संक्रमितों की जल्द पहचान कर समय पर उनका उपचार जरूरी है विशेष सचिव ने कहा कि कोरोना के लक्षण दिखने के बाद भी लोग उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से कई मामलों में अस्पताल पहुंचने के चौबीस घंटों के भीतर ही लोगों की मृत्यु हुई है उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत अपनी जांच कराएं कोरोना जागरूकता इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन की संस्थापक पद्मश्री फूलबासन बाई यादव ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है

दुनियाभर में सभी मछुआरा समुदायों मछली पालकों और संबद्ध हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यह दिन हर साल इक्कीस नवंबर को मनाया जाता है इस मौके पर आज राजधानी रायपूर में मछुआरा सम्मेलन का आयोजन किया गया सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने कहा कि राज्य सरकार मछली पालन को खेती का दर्जा देने की पहल करेगी इसके लिए योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती किसानी की तरह मछली पालन के लिए सहकारी बैंक से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने और बिजली दरों में छूट देने की पहल भी की जाएगी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पंद्रह मछुआरों को मोटरसाइकिल सह आईस बॉक्स और दो मछुआरों को ऑटो सह आईस बॉक्स का वितरण किया उन्होंने दस मछ्आ हितग्राहियों को आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त की चालीस चालीस हजार रूपये की अनुदान राशि का चेक भी प्रदान किया पूरक परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा दसवीं बारहवीं पूरक परीक्षा और डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा अट्ठाईस नवंबर से शुरू होगी इस बार विद्यार्थी अपने ही स्कूल में परीक्षा देंगे बोर्ड परीक्षा की गोपनीय सामग्रियों का वितरण तेईस नवंबर से किया जाएगा कोरोना संक्रमण को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रक परीक्षा के लिए विशेष प्रोटोकॉल जारी किया है इसके तहत एक कमरे में केवल दस परीक्षार्थी ही बैठ सकेंगे परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों और पर्यवेक्षकों को हाथ सैनिटाईज करना आवश्यक होगा साथ ही मास्क नहीं पहनने वाले विद्यार्थियों और कर्मचारियों को कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा वहीं दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में अलग अलग संकायों के द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं परीक्षा में अनुपस्थित और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को दोबारा मौका दिया जाएगा ये विद्यार्थी पच्चीस नवंबर तक आवेदन जमा कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जेल संदर्शक प्रदेश की जेलों में अठासी अशासकीय जेल संदर्शकों की नियुक्ति की गई है प्रदेश में पांच केंद्रीय जेल तेरह जिला जेल और पंद्रह उप जेलों में अशासकीय जेल संदर्शकों की नियुक्ति के संबंध में राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि इस नियुक्ति से जेलों के सुचारू संचालन में सहयोग मिलेगा

कुछ दिन पहले माओवादी इन युवकों को पकड़कर अपने साथ ले गए थे माओवादी की किस्टाराम एरिया कमेटी ने बयान जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली है वहीं नारायणपुर जिले के अब्झमाड़ क्षेत्र में नारायणपुर कुतुल मार्ग पर आकाबेड़ा और कोड़कानार के बीच बीती रात माओवादियों ने दो स्थानों पर सड़क खोदकर आवागमन को बाधित कर दिया महिला आयोग सुनवाई छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक तेईस नवंबर से सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करेंगी इस दौरान पति पत्नी विवाद दैहिक शोषण मारपीट दहेज कार्यस्थल पर प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी सरगुजा में तेईस नवंबर सूरजपुर में चौबीस नवंबर कोरिया में पच्चीस नवंबर और जशपुर जिले में सत्ताईस नवंबर को प्रकरणो की सुनवाई की जाएगी किसान आत्महत्या जांच दुर्ग जिले में बोरी तहसील के डोमा गांव के किसान प्रेमलाल साहू द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है धमधा एसडीएम ने दुर्ग कलेक्टर को भेजी अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि मृतक पर व्यक्तिगत सहकारी समिति या बैंक का कोई भी कर्ज नहीं था मृतक अपने पिता से मौखिक बंटवारे में प्राप्त डेढ़ एकड़ भूमि पर खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था साथ ही मजदूरी का काम भी करता था साय बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश में कई स्थानों पर बेमौसम बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार की लचर व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है श्री साय ने कहा है कि धान खरीदी में विलंब होने के कारण ही प्रदेश के किसानों का धान कटाई के बाद भी खुले में रखा हुआ है जो बारिश में भीग रहा है श्री साय ने प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति राशि देने की मांग राज्य शासन से की है सुकमा सड़क निर्माण सुकमा जिले के संवेदनशील क्षेत्र जगरगुंडा मार्ग पर मल्लेबाग नाले के पास क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का कार्य सुरक्षाकर्मियों की मदद से पूरा कर लिया गया है पुल के दोबारा बन जाने से इस मार्ग पर पिछले तीन महीने से बंद आवागमन अब फिर से बहाल हो गया है पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इस मार्ग को बहाल कराने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है स्पंदन कार्यक्रम स्पंदन कार्यक्रम के अंतर्गत गरियाबंद जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने पुलिस लाइन में दरबार लगाकर जवानों से उनकी समस्याएं सुनीं इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों की समस्याओं और उनके आवेदनों का त्वरित निराकरण करने का आश्वासन दिया इस मौके पर उन्होंने प्रत्येक थाना से तीन जवानों को एक सप्ताह के लिए खेल योग कैरम डांस सिंगिंग और मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिसकर्मियों के साथ विचार साझा करने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा छठ पर्व चार दिन का छठ पूजा पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न हो गया छठ पर्व बुधवार को शुरु हुआ था और आज श्रद्वालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर तथा छठ प्रसाद ग्रहण कर अपना छत्तीस घंटे का लंबा उपवास समाप्त किया इस अनुष्ठान को पारण कहा जाता है इस साल छठ का त्योहार कोरोना संक्रमण की स्थिति के बीच मनाया गया अनेक लोगों ने कोरोना संक्रमण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सूर्यदेव की उपासना की परम्परा के अनुसार छठ पर श्रद्वालु सूर्य देवता की पूजा करते हैं और उनका आशीष लेते हैं इधर छत्तीसगढ़ में भी राजधानी रायपुर सहित विभिन्न स्थानों पर तालाबों और नदियों के घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया जगदलपुर में गंगामुड़ा दलपत सागर और इंद्रावती नदी के घाटों पर श्रद्दालुओं ने आज उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपना उपवास समाप्त किया अंगार मोती मड़ई धमतरी जिले के गंगरेल बांध स्थित मां अंगोर मोती मंदिर में कल मड़ई मेले का आयोजन किया गया इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां अंगार मोती की विशेष पूजा अर्चना की साथ ही दूरदराज से आए श्रद्धालुओं द्वारा चरण पखारने की रस्म भी अदा की गई कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मड़ई मेले का आयोजन किया गया मौसम प्रदेश में कल से तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना है मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सतही हवा की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर की ओर होने जा रहा है जिसके कारण कल से प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट संभावित है प्रदेश के उत्तरी हिस्से में तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट होने के आसार हैं वहीं बस्तर संभाग में परसों से तापमान में गिरावट होने की संभावना है इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्के बादल भी छाए रहेंगे मौसम विभाग के मुताबिक आगामी चौबीस नवंबर तक प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है

इसमें सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे

इस दौरान चार दिसंबर तक शिविर लगाए जाएंगे

इस मामले में भिलाई तीन पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है

आरोपियों के पास से तीन सौ चौव्वन किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है जिसकी कीमत लगभग अट्ठारह लाख रूपये बताई गई है

इससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा